राहत और बचाव कार्य जारी

आज ही खेला जायेगा फाइनल नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण राज्य के दस जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है राज्य की बड़ी नदियों का जलस्तर लाल निशान के पास पहुंच गया है सीतामढ़ी मोतिहारी मध्रबनी सुपौल सहरसा अररिया किशनगंज कटिहार भागलपुर और पूर्णिया के कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से भंग हो गया है कई स्थानों पर सड़क संपर्क ध्वस्त हो गया है कल देर शाम तक कोसी नदी के पानी का डिस्चार्ज चार लाख क्यूसेक के पास पहुंच गया इसके बाद कोसी बराज के सभी छप्पन फाटक खोल दिए गए हैं पानी के दबाव से पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी और मधूबनी में कई तटबंध टूट गए हैं दरभंगा के कई गांव बाढ़ से घिर गये हैं पश्चिम चंपारण में गंडक के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है अररिया शहर में विभिन्न स्थानों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुयी है हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि जिले के तीन प्रखंडों के ग्यारह पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिये एनडीआरएफ दो टीम और सात नाव लगाये गये है जबकि दस राहत कैंप में भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है मूजफ्फरपूर संवाददाता के अन्सार जिले के औराई प्रखण्ड के एक दर्जन से अधिक गाँव मे बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिले में एक सौ पचास स्थानों पर संभावित बाढ़ के खतरे को चिन्हित कर कड़ी निगरानी की जा रही है उधर हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले के आठ प्रखंड बैरगनिया सुप्पी मेजरगंज सोनबरसा परिहार सुरसंड रून्नीसैदपुर और बेलसंड के पचास पंचायत बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हैं वहीं बाढ़ के पानी में ड्बने से अररिया में पांच मधेप्रा में चार किशनगंज में दो पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी मध्यबनी और सहरसा में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि बक्सर सिवान और छपरा में बारिश के बाद अलग अलग हादसों में चार लोगों की जान चली गई पूर्वी चंपारण जिले में बंजरिया प्रखंड के घोड़मरवा गांव के पास दुधौरा नदी पर बना तटबंध ट्रट गया है जिससे आसपास के गांवों में तेजी से पानी फैल रहा है इसी जिले के पताही और ढाका प्रखंड के कई गांवों में बागमती नदी का पानी प्रवेश कर गया है उधर बाढ़ और बारिश को देखते हुये मधुबनी में पंद्रह और सीतामढ़ी में बीस जुलाई तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है वहीं हाजीपुर और नरकटियागंज रेलमार्ग पर रेलवे लाइन धंस जाने के कारण कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया बाद में रेलवे के अधिकारियों ने रेल ट्रैकों की मरम्मत करवाकर कम रफ्तार के साथ ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया इधर मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रदेश के कुछ हिस्सों में सत्रह जुलाई तक सक्रिय रहने की संभावना है जिसके कारण उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में अगले दो दिनों तक रूक रूक कर तेज और हल्की बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पटना पूर्णिया सुपौल मुजफ्फरपुर फारबिसगंज और सारण का अलर्ट जारी किया है गृहमंत्री अमित शाह ने कल उच्च स्तरीय बैठक कर बिहार और असम समेत देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए राज्यों केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेन्सियों की तैयारियों का भी जायजा लिया गृहमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिये उधर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एन डी आर एफ और एस डी आर एफ ने बिहार और असम से लगभग सौ पचास लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है हज यात्रा के लिये राज्य से दो सौ नब्बे आजमीन ए हज का अंतिम जत्था गया के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कल रात मक्का के लिए रवाना हुआ मगध प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार पाल और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने इन्हें एयरपोर्ट पर विदायी दी चार जुलाई से हज यात्रियों की रवानगी शुरू हुयी थी हज के बाद सत्रह अगस्त से गया एयरपोर्ट पर इनकी वापसी होगी जो अठाईस अगस्त तक चलेगी केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार के पांच हजार गांव को डिजिटल सेवा से जोड़ दिया जायेगा पटना में टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री प्रसाद ने कहा कि इन गांवों को वाई फाई और अन्य ऑन लाइन सेवाओं के जरिए डिजिटली बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि पटना में आठ बीपीओ संचालित हैं जबकि मुजफ्फरपुर में ऐसा एक केंद्र चल रहा है और जल्दी ही गया में भी एक केंद्र काम करने लगेगा केंद्र सरकार ने कहा है कि गलत आधार नम्बर देने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा

वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बजट घोषणा के अनुरूप पांच जुलाई को कानून में संशोधन किया गया है जिसमें पैन कार्ड के स्थान पर आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी गयी है राजधानी पटना के सभी ऑटो अब सीएनजी से चलेंगे परिवहन विभाग ने बताया है कि प्रदूषण से बचाव के लिये यह निर्णय लिया गया है विभाग के अनुसार ऑटो चालकों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में आवेदन करना होगा तथा कुछ शुल्क जमा करना होगा सीएनजी में निबंधित होने के बाद ऑटो का नम्बर भी बदल जायेगा पटना एम्स के बीस नये ऑपरेशन थियेटर इस महीने के अंत तक काम करना शुरू कर देंगे एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इसके पूर्व चौदह ऑपरेशन थियेटर थे जिससे मरीजों को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था पटना जिला के बाईस थानेदारों के वेतन पर रोक लगा दी गयी है इन पर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही बरतने का आरोप है एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि कुछ थानेदारों को उनके अच्छे कार्यो के लिये प्रस्कृत भी किया गया है उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष अपराध रोकने में सफल नहीं होंगे तो उन पर कार्रवाई की जायेगी

राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में यूथ और ईको क्लब की स्थापना की जायेगी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिये यह कदम उठाया जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले के एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में कल संदिग्ध बुखार एईएस से चार और बच्चों की मौत हो गयी जिसमें तीन बच्चे पूर्वी चंपारण और एक सीतामढ़ी का रहने वाला है बिहार महिला कबड्डी टीम छियासठवीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गयी है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बिहार ने पश्चिम बंगाल को गोल्डन रेड से मात देकर अंतिम चार में जगह बना ली सेमीफाइनल में आज बिहार की टक्कर रेलवे से होगी वहीं दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा का मुकाबला हिमाचल प्रदेश से होगा चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में बाढ़ से संबंधित खबर को बड़ी सुर्खी बनाया है इसके अलावा अखबारों ने अलग अलग खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान ने बाढ़ को खतरा बताते हुये सुर्खी दी है उत्तर बिहार में बारिश से हालात बिगड़े दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है गंगाजल को गया और राजगीर ले जाकर करेंगे संरक्षित दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है सत्तापक्ष व विपक्ष ने लिया संकल्प बिहार में जलवायु परिवर्तन के संकट से मिलकर लड़ेंगे प्रभात खबर ने सात हजार संविदाकर्मियों को भी मिलेगा ईपीएफ का लाभ को बड़ी सुर्खी दी है आज अखबार ने क्रिकेट विश्वकप मुकाबले पर शीर्षक दिया है महाक्भ का महामुकाबला आज और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य के दस जिलों में फैला बाढ़ का पानी राहत और बचाव कार्य जारी

आज ही खेला जायेगा फाइनल